नये मामले झुंझुनूं अजमेर ड्रंगरपुर और जयपुर के है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी सरकारी कार्मिकों से संकट की इस घडी में वॉलिंटीयर के रूप में सेवा का संकल्प लेने का आहवान किया है

श्री गहलोत ने कहा है कि सरकार द्वार जनहित में युद्धस्तर पर उठाये जा रहे कदमों का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंच सके इसके लिए सरकारी कार्मिकों की भागीदारी भी आवश्यक है केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव अभी स्थानीय स्तर पर है और इसका फैलाव सामूदायिक स्तर तक जाने का प्रमाण नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि यह नियंत्रण लोगों के सहयोग सामूहिक सतर्कता भीड़ भाड़ से बचने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन तथा लॉकडाउन लागू करने के कारण संभव हुआ है उन्होंने कहा कि पूरा देश इस संक्रामक रोग के खिलाफ संघर्ष में लगा है तथा लोगों को और अधिक सतर्क होने तथा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की जरूरत है तेल वितरण कंपनियों ने रसोई गैस आपूर्ति श्रूखंला में काम कर रहे डिलीवरी ब्वॉय और अन्य कर्मियों के लिए पांच पांच लाख रूपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है

इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनियों ने यह निर्णय लिया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कंपनियों के इस फैसले का स्वागत किया है विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संकमण से घबराने की आवश्यकता नहीं है बल्कि एहतियात बरतकर इससे पूरा बचाव संभव है

दूरदर्शन लॉकडाउन अवधि के दौरान घरों तक सीमित लोगों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए अपने सुनहरे दौर के लोकप्रिय सीरियल का पुनः प्रसारण शुरू कर रहा है अप्रैल के पहले सप्ताह से डीडी भारती पर दोपहर में चाणक्य सीरियल प्रसारित किया जाएगा अप्रैल के पहले सप्ताह से ही उपनिषद गंगा का भी दुबारा प्रसारण शुरू होगा डी डी नेशनल पर दिन के एक बजे लोकप्रिय सीरियल शक्तिमान दिन के दो बजे श्रीमान् श्रीमती और रात साढ़े आठ बजे कृष्णकली सीरियल भी फिर से प्रसारित होंगे गौरतलब है कि फिलहाल रामायण और महाभारत सीरियलों का दूरदर्शन पर दुबारा प्रसारण शुरू हो चुका है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेश में वन्य जीव समृद्धि की कामना की है